प्रधानमंत्री ने आज राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए संवाद करते हुए कहा कि देश में अब तक दो बार लॉकडाउन हो चुका है तथा इसके सकारात्मक नतीजे सामने आए हैं इन उपायों से पिछले एक डेढ़ महीनों के दौरान हजारों लोगों की जान बचाई जा सकी है उन्होंने कहा कि मार्च महीने की शुरूआत में भारत और दुनिया के अनेक देशों में एक जैसी स्थिति थी लेकिन समय पर उठाए गए कदमों के कारण बड़ी संख्या में लोगों की प्राणरक्षा संभव हो पाई उन्होंने आगाह किया कि कोरोना वायरस का खतरा अभी कम नहीं हुआ है तथा इस बारे में सतत जागरूक रहने की आवश्यकता है श्री मोदी ने राज्य सरकारों से आग्रह किया कि वे महामारी से सर्वाधिक प्रभावित रेड जोन इलाकों में प्रतिबंधात्मक दिशा निर्देशों का पूरी तरह अनुपालन सुनिश्चित करें महामारी के खिलाफ लड़ाई में समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों की भागीदारी की सराहना करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आम आदमी अपने स्वास्थ्य के बारे में खांसी और सर्दी जैसी लक्षणों की सूचना देने के लिए आगे आ रहा है

एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार मुख्यमंत्रियों ने संकट की इस घड़ी में प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सराहना की मुख्यमंत्रियों ने अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर कड़ी निगरानी रखे जाने पर जोर दिया मुख्यमंत्रियों ने यह भी सलाह दी कि देश में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिए उन्होंने महामारी का मुकाबला करने में चिकित्साकर्मियों और पुलिसबलों के भारी योगदान के लिए उनके प्रति आभार प्रकट किया

इस बीच प्रदेश में अब तक कोरोना संकमित छह सौ उनहतर मरीज पूरी तरह ठीक हो चुके हैं और इनमें से तीन सौ तेरह को अस्पतालों से डिस्चार्ज किया जा चुका है

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीस हजार आठ सौ पैंतीस लोगों का उपचार चल रहा है अब तक छह हजार एक सौ चौरासी लोग उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं

हमारे बीकानेर संवाददाता ने खबर दी है कि बीकानेर के दो बचे हुए पॉजीटिव रोगियों की रिपोर्ट भी नेगेटिव हो गई है

इसी तरह झालावाड़ जिले के कोरोना हॉट स्पॉट पिड़ावा के दलेलपुरा क्षेत्र से भी राहतभरी खबर है वहां मिले पहले पॉजिटिव मरीज को संकमणमुक्त होने के बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई है

हमारे संवाददाता ने बताया कि जयपुर सहित प्रदेश के बारह जेलों में मास्क बनाने का काम चल रहा है

यह बसें पंजाबहरियाणा उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेश के श्रमिकों को उनके गृह जिलों में जाएगी

जो महाराष्ट्र और गुजरात से आने वाले प्रवासियों के लिए सुमेरपुर बस डिपो पर उपलब्ध रहेगी दूसरी ओर सिरोही के जिला कलेक्टर ने गुजरात के हॉटस्पॉट जिलों अहमदाबाद सूरत बड़ोदरा राजकोट और भावनगर के कलेक्टरों को पत्र लिखकर वहां रह रहे प्रवासी राजस्थ्ळाानियों को जिले में न आने की अनुमति देने संबंधी पत्र लिखा है साथ ही जिला प्रशासन ने गुजरात सीमा पर रोडवेज की बसों की व्यवस्था की है जहां से प्रवासियों को जांच करवाकर आगे जाने दिया जाएगा राजसमंद के मूल निवासी जो वर्तमान में महाराष्ट्र में रह रहे हैं उनके राजसमंद आने की स्वीकृति महाराष्ट्र सरकार द्वारा नहीं दी गयी जिला कलेक्टर ने बताया कि अन्य राज्यों के हॉटस्पॉट जिलों से भी प्रवासियों को राजसमंद आने की स्वीकृति नहीं दी गयी है

ये थेरेपी कोरोना से गंभीर रूप से प्रभावित मरीजों के लिए है जिसे मरीज की सहमति के बाद ही दिया जाता है

श्रोता कोरोना वायरस से संबंधित किसी भी सहायता के लिए केन्द्र और राज्य की ओर से जारी हेल्प लाइन नम्बर पर फोन कर सकते हैं